राज्य सरकार ने बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी कराने के दिए निर्देश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के सम्बन्ध में अध्ययन के लिए चिकित्सकों का एक समूह बनाया जाए जो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समुचित अध्ययन कर ऐसी रणनीति तैयार करे जिससे प्रदेश इस प्रकोप से बचा रहे श्री गहलोत ने कल जयपूर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोविड रोकथाम के लिए जारी नई गाइड लाइन की प्रभावी पालना करायें कोरोना को हराने के लिए मास्क पहनने सोशल डिस्टेंसिंग हाथ धोने लक्षण नजर आने पर तूरंत जांच करवाने सघन स्क्रीनिंग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग सहित अन्य उपायों पर फिर से जोर दिया जाए

श्री गहलोत ने कहा कि जो व्यक्ति वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हें भी मास्क लगाना जरूरी है उन्होंने निर्देश दिए कि केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप लोगों को जागरूक कर वैक्सीनेशन का प्रतिशत और अधिक बढ़ाया जाए

कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को इस बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए लिखा है

दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है

वहीं भारत ने वैश्विक कोविड महामारी का सामना करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पांच करोड़ से अधिक टीके लगा लिए हैं

प्रदेश में कोरोना संकमितों की संख्या बढ़ने के बाद सभी जिलों में एतिहात बरती जा रही है भरतपुर सीएमएचओ कप्तान सिंह ने बताया कि जिले में संकमण की रोकथाम के लिए कल से और सख्ती की जाएगी

बूंदी में प्रचार रथ लोगों को संदेश देकर कोविड से बचाव की जानकारी दे रहा है

इसी तरह जालौर सवाई माधोपुर और झालावाड़ में भी जनजागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं आज विश्व क्षय रोग निवारण दिवस है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्षय रोग दिवस पर अपने संदेश में कहा कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्यों के अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल करने के प्रति वचनबद्व है इधर विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर राज्य में कई कार्यकम आयोजित किए जा रहे हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में विभिन्न जिलों में ओलावृष्टि अंधड़ तूफान आदि से हुए नुकसान को लेकर समीक्षा करते हुए सभी जिला कलक्टरों को खराबे के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी कराकर लोगों को शीघ्र सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं

बीकानेर जिले में बारिश और अंधड़ से जीरे ईसबगोल और चने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है

मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा